उन्होंने कुछ जिलों में कोविड के मामलों में अचानक वृद्धि होने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रमावी कदम उठाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में टीकाकरण में तेजी लाई जाए

उन्होंने कहा कि घरों में आइसोलेशन में रखे गए लोगों के लिए भी सभी मापदण्डों का पालन अनिवार्य बनाया जाए दुकानदारों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को मास्क नहीं तो सेवा नहीं की रणनीति अपनाने को प्रेरित किया जाए उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी आधिकारिक मेलों का आयोजन नहीं होगा ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके हालांकि जो मेले चल रहे हैं वो जारी रहेंगे लेकिन मानक संचालन प्रणाली को अपनाते हुए सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीसीपीआर परीक्षणों को बढ़ाया जाना चाहिए और कंटेन्मेंट जोन की पद्धति को कड़ाई से लागू किया जाए मुख्य सचिव अनिल खाची पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे नगर निगम चुनाव प्रदेश में चार नगर निगमों और छह नगर पंचायतों में हो रहे निर्वाचन के लिए कल से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आरम्म हो जाएगी

नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर होंगे नगर निगमों और नगर पंचायतों के लिए ईवीएम से मत डाले जाएगे

आयोग की सदस्य डॉ रचना गुप्ता भी उनके साथ उपस्थित थीं

कोरोना प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है

और अब एक नज़र अख़बारों की सुर्खियां पर विधानसभा के बजट सत्र के समापन और कोरोना संकमण से जुड़ी ख़बरों को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

पंजाब केसरी का शीर्षक है राज्यपाल अभिभाषण पर गहमा गहमी के बाद खूशनुमा माहौल में बजट सत्र का समापन

हिमाचल दस्तक लिखता है मेलों पर रोक मास्क जरूरी

खबर को अमर उजाला दिव्य हिमाचल तथा दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है लाहौल के गोंधला में गिरा हिमखंड दहशत में लोग अमर उजाला की एक ख़बर है पंजाब केसरी की सुर्खी है लाहौल की चंद्रा घाटी में ग्लेशियर गिरा इसी अखबर की एक अन्य खबर है शिमला के अमित कलथैक बने एचएएस के टॉपर